साथ ही जरूरतमंदों की हरसंभव सहायता सुनिश्चित कर रही है

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कोविड नाइन्टीन से निपटने के लिए विभिन्न सरकारी एजेंसियों के कार्यों की सराहना की है श्री मोदी ने जरूरत के समय देश के लिए चौबीसों घंटे काम करने वालों को देश का गौरव कहा है उन्होंने कहा कि सरकार सूक्ष्म लघु और मध्यम व्यवसायों की मदद करने के लिए प्रतिबद्ध है और उन्हें हर संभव सहायता सुनिश्चित कर रही है श्री मोदी ने कहा कि भारतीय रेल पर उन्हें गर्व है क्योंकि संकट के इस काल में वह लगातार लोगों की सहायता कर रही है प्रधानमंत्री ने कहा कि विश्व इस समय एकजुट होकर कोविड नाइन्टीन से लड़ रहा है और मानवता इस महामारी पर जरूर विजय प्राप्त करेगी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में जिन पात्र जरूरतमंद व्यक्तियों को एक हजार रूपये के भरण पोषण भत्ते का लाभ नहीं मिला है उन्हें जल्द से जल्द चिन्हित किया जाए श्री योगी ने अभियान चलाकर शेष बचे निर्माण श्रमिकों दिहाड़ी मजदूरों और निराश्रित व्यक्तियों को यह मदद उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं राज्य में अब तक विभिन्न श्रेणी के तेईस लाख सत्तर हजार श्रमिकों को दो सौ छत्तीस करोड़ अट्ठानबे लाख रूपये की सहायता राशि दी जा चुकी है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य के अस्पतालों में कोरोना वायरस से संक्रमित गम्मीर मरीजों के लिए वेन्टिलेटर और ऑक्सीजन की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं मुख्यमंत्री ने लखनऊ में कल एक उच्चस्तरीय बैठक में लॉकडाउन व्यवस्था की समीक्षा करते हुए कहा कि कोविड नाइन्टीन के मरीजों के उपचार में जुटे चिकित्साकर्मियों के संक्रमण से बचाव के लिए सभी उचित प्रबन्ध किए जाएं श्री योगी ने कहा कि प्रदेश के कुछ जिले कोरोना संक्रमण से मुक्त हो गए हैं इन जिलों में सभी आवश्यक सावधानियां बरती जाएं और लॉकडाउन का कड़ाई से पालन कराया जाए मुख्यमंत्री ने कहा कि बाहर से आने वाले लोगों के बारे में जिस स्थान पर जानकारी मिले उन्हें वहीं क्वारंटीन किया जाए कोविड नाइन्टीन के फैलाव को रोकने के लिए प्रदेश सरकार द्वारा किए गए प्रयासों के सकारात्मक परिणाम आने लगे हैं राज्य के तीन जिलों पीलीभीत महराजगंज और हाथरस के कोरोना मुक्त होने के बाद अब प्रयागराज बरेली और लखीमपुर खीरी भी जल्द कोविड नाइन्टीन से मुक्त होंगे गृह विभाग और सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के अपर मुख्य सचिव अवनीश कुमार अवस्थी ने कल लखनऊ में पत्रकारों से वार्ता में कहा कि कई जिलों में हॉटस्पॉट की संख्या घट रही है उन्होंने कहा कि प्रदेश में राष्ट्रीय औसत की तुलना में कोरोना मामलों के बढ़ने की संख्या यानी ग्रोथ रेट कम है श्री अवस्थी ने कहा कि प्रदेश में कोरोना संक्रमण से स्वस्थ होने वालों की संख्या अधिक है और बीमारी से मृत्यू दर काफी कम है उन्होंने कहा कि कोरोना मुक्त जिलों में संक्रमण समाप्त होने के बाद भी एहतियात के तौर पर लॉकडाउन जारी रहेगा

ये चारों व्यक्ति पिछले दिनों कोविड नाइन्टीन से जान गंवाने वाले युवक के परिजन हैं लगातार दो जांच रिपोर्ट निगेटिव आने के बाद इन्हें स्वस्थ करार दिया गया है उप मुख्य चिकित्साधिकारी फखरयार हुसैन ने बताया कि इन्हें चौदह दिनों तक घर में क्वारंटीन रहने को कहा गया है अयोध्या के दौरे पर आए लखनऊ जोन के अपर अपर पूलिस महानिदेशक एस एन साबत ने कहा कि कोविड नाइन्टीन से संक्रमण की जानकारी छिपाना अपराध के दायरे में आता है उन्होंने ऐसे लोगों के विरूद्व आपदा प्रबंधन अधिनियम और महामारी अधिनियम के तहत कार्रवाई करने का निर्देश दिया है श्री साबत ने जिले में लॉकडाउन का कड़ाई से पालन कराने के भी निर्देश दिए इस दौरान उन्होंने जनपद में बनाए गए इंटीग्रेटेड कंट्रोल रूम का निरीक्षण भी किया प्रदेश में कोविड नाइन्टीन से संक्रमित व्यक्तियों की संख्या नौ सौ चौहत्तर हो गई है कल एक सौ पच्चीस नए लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई इनमें अठहत्तर तबलीगी जमात से सम्बद्ध हैं संक्रमण के नए मामलों में कल सबसे अधिक छप्पन मरीज लखनऊ में मिले इसके अलावा आगरा में सत्ताइस फिरोजाबाद में ग्यारह बिजनौर में नौ मुरादाबाद में छः और गौतमबुद्ध नगर में तीन व्यक्तियों में कोविड नाइन्टीन संक्रमण की पूष्टि हुई प्रदेश में अब तक एक सौ आठ लोग उपचार के बाद स्वस्थ होकर घर जा चुके हैं बीमारी से चौदह लोगों की मृत्यु भी हुई है औरैया जिले में कोरोना संक्रमण का नौवां मरीज मिलने के बाद तीन और क्षेत्रों को कल हॉटस्पॉट घोषित किया गया अपर जिलाधिकरी रेखा एस चौहान ने बताया कि हालेपुर में कोरोना संक्रमण का मामला मिलने के बाद अजीतमल क्षेत्र के तीन इलाकों हालेपुर ऐल्वीनगर और मुहद्दीनपुर को सील कर दिया गया है दारूल उल्म देवबंद ने मूसलमानों से रमजान के महीने के दौरान स्वास्थ्य विभाग के निर्देशों का पालन करने की अपील की है उन्हें लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन न करने की सलाह दी गई है रमजान का महीना पच्चीस अप्रैल से शुरू होने की उम्मीद है राज्य के सहारनपुर जिले में दारूल उलूम देवबंद के वाइस चांसलर अब्दुल कासिम नोमानी ने इस संबंध में परामर्श जारी किया है उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य विभाग के दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन किया जाना चाहिए और किसी भी तरह की भीड़ से बचना चाहिए आकाशवाणी से बातचीत में दारूल उलूम देवबंद के मीडिया प्रभारी अशरफ उस्मानी ने कहा कि रमजान और तरावीह के बारे में बहुत जल्द विस्तृत फतवा जारी किया जाएगा

उसके उपर अमल किया जाए खासतौर पर लॉकडाउन की पाबंदी की जाए बाहर निकलने से इश्तेनाक किया जाए रमजान शरीफ तशरीफ ला रहे हैं इसमें भी इस बात का खास ख्याल रखा जाए कि तरावीह में जो महकमा ए सेहत की गाइडलाइन हैं उससे सिवा अफराद न हों सोशल डिस्टेंसिंग का उसूल अपनाना और इसको इखतियार करना अगर जरूरी है तो वो किया ही जाना चाहिए सिद्वार्थनगर के बाँसी क्षेत्र में कल तीन बच्चों की तालाब में डूबने से मृत्यु हो गयी पुलिस ने बताया कि सुकरौली गांव के बारह ग्यारह और आठ वर्ष की आयु के तीन बच्चे तालाब में नहाने गए थे जहां डूबने से उनकी मौत हो गयी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बच्चों की मृत्यु पर गहरा शोक व्यक्त किया है उन्होंने जिला प्रशासन को पीड़ितों की हरसम्भव मदद करने के निर्देश दिये हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भदोही मुजफ्फरनगर कानपुर नगर बिजनौर ललितपुर और रायबरेली में आकाशीय बिजली गिरने से हुई लोगों की मृत्यु पर गहरा शोक व्यक्त किया है उन्होंने जिलाधिकारियों को दिवंगतों के परिजनों को चार चार लाख रुपये की राहत राशि तत्काल देने के निर्देश दिए हैं श्री योगी ने घायल व्यक्तियों के उपचार के लिए समूचित प्रबन्ध करने के भी निर्देश दिए हैं मुख्यमंत्री ने सीतापुर में कल नाव पलटने की दूर्घटना में एक बच्चे की मृत्यु पर गहरा शोक व्यक्त करते हुए मृतक के परिजनों को सहायता राशि देने के निर्देश दिये

मध्य प्रदेश पुलिस ने इन लोगों के फरार होने की सूचना रामपुर पुलिस को भी दी थी जिसके बाद उनकी जिले में भी तलाश जारी थी कोरोना वायरस के खतरे से आगाह करने वाले आरोग्य सेतु ऐप को लोग तेजी से डाउनलोड कर रहे हैं देश भर में छह करोड़ से ज्यादा लोग अब तक इसे अपने मोबाइल में इन्स्टॉल कर चुके हैं बलिया के जिलाधिकारी श्रीहरि प्रताप शाही ने ऐप के प्रसार के लिए जिले में नोडल अधिकारियों की नियुक्ति की है ये अधिकारी जिले में सरकारी और निजी प्रतिष्ठानों के कर्मियों छात्रों और लोगों को ऐप का उपयोग करने के लिए प्रेरित करेंगे बलिया के जनपद न्यायाधीश गजेंद्र कुमार ने बताया कि लॉकडाउन की अवधि बढ़ाए जाने के बाद हाई कोर्ट की ओर से मिले निर्देश के क्रम में सिविल कोर्ट में पद्रह अप्रैल से दो मई तक के सभी मुकदमों की तिथि को स्थगित करके छब्बीस मई से बारह जून के बीच कर दिया गया है जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से लॉकडाउन के दौरान जरूरतमंद व्यक्तियों को भोजन और आवश्यक सामग्री उपलब्ध करायी जा रही है गोरखपुर में जनपद न्यायाधीश गोविन्द बल्लभ शर्मा के नेतृत्व में न्यायालय के अधिकारियों और कर्मचारियों ने कुष्ठ आश्रम समेत शहर के विभिन्न स्थानों पर निराश्रित और जरूरतमंद व्यक्तियों को भोजन वितरित किया जनपद न्यायाधीश ने बताया कि भोजन सामग्री बांटे जाने के दौरान लोगों को सामाजिक दूरी बनाए रखने के बारे में भी बताया गया